मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य भागों से प्रदेश में लौट रहे सभी लोगों की जांच के बाद ही उन्हें होम क्वारन्टीन या संस्थागत क्वारन्टीन में रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्थागत केंद्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो यह आवासी और व्यस्त क्षेत्रों से दूर एकांत स्थान पर हों उन्होंने कहा कि होम क्वारन्टीन का नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों को तुरंत संस्थागत क्वारन्टीन भेजा जाना चाहिए बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च में ली गई दसवीं व जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम जून माह में घोषित कर दिया जाएगा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बतया कि दसवीं की परीक्षा का परिणाम जून के पहले सप्ताह और जमा दो का परिणाम जून महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा

सोनी ने कहा कि दसवीं व जमा दो के प्रश्नपत्रों में त्रुटियों के चलते बोर्ड प्रशासन ने ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिन विषयों की परीक्षाएं शेष रहती हैं उन पर जल्द निर्णय लिया जाएगा आग्रह देश के विभिन्न भागों में जारी लॉकडाउन के कारण राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हिमाचल के नागरिकों की घर वापसी के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है इन लोगों की सुविधा के लिए राज्य में स्थापित आपातकालीन संचालन केंद्रों के नोडल अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को हिमाचल के लोगों के बारे में जानकारी सांझा की है तथा उन्हें वापस भेजने के लिए उचित योजना तैयार करने और विशेष बसों या रेल सुविधा का उचित प्रबन्ध करने का आग्रह किया है

सरकाघाट क्षेत्र के एक युवक की कोरोना से मौत के बाद उसकी माता में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है शिमला स्थित आईजीएमसी में महिला की टैस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का खुलासा हुआ है इस बीच पटियाला से शिमला लौटी संदिग्ध मृतक महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है कोरोना संक्रमित मृत युवक की मां भी निकली कोरोना पॉजिटिव दैनिक भास्कर के अनुसार कोरोना से मौत के बाद युवक की मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नेगेटिव निकली कोरोना संदिग्ध शिमला की महिला की रिपोर्ट पटियाला से नाभा आई थी महिला पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है रैड जोन से हिमाचल आने वाले लोग इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन में रखे जाएंगे हिमाचल दस्तक का कहना है जो रेड जोन से आएगा अब घर नहीं जा पाएगा

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है बाहर फंसे लोगों के एक लाख आवेदन आपका फैसला लिखता है बाहर से आने वाले लोगों के परिजन अपनों से दूरी बनाएं अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में बिना कर्फ्यू पास साथियों के साथ प्रवेश कर रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी को लौटाया हिमाचल को पीएम गरीब कल्याण योजना में छूट की दरकार दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है

कैबिनेट बैठक आज राहतों पर होगा मंथन इस पत्र की एक अन्य ख़बर है मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में कल से फिर बिगड़ेगा मौसम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

नमस्कार